महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चे प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी बाते रखेंगे उन्होंने कहा कि बच्चों का साहस उनकी दृढ़ता और नवाचार के प्रति उत्साह सबसे के लिए प्रेरणा का विषय है

इसी प्रकार खेलों के क्षेत्र में इंदौर की सुदीप्ति हजेला को कठिन अश्वारोहण खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है वे अश्वारोहण की सबसे कठिन श्रेणी में महारत रखती हैं मुख्यमंत्री दावोस स्विजरलैण्ड के दावोस में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच की बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कई शीर्ष उद्योगपतियों से मुलाकात की और उन्हें मध्यप्रदेश में निर्वेश के लिए आमंत्रित किया है

भाजपा आंदोलन माफिया के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम को भारतीय जनता पार्टी ने भेदभावपूर्ण बताया है पार्टी आज इस मुद्दे पर जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेगी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह इन्दौर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे

ध्वजारोहण प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह की व्यापक तैयारियां की जा रही है राज्यपाल लालजी टंडन भोपाल के लालपरेड ग्राउड में आयोजित परेड की सलामी लेंगे वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर के नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे इस समारोह में होने वाली परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आज पूर्वाभ्यास किया जाएगा गणतंत्र दिवस की परेड में जिला पुलिस बल होमगार्ड एनसीसी स्काउट एवं गाइड और पुलिस बैंड शाभिल रहेंगे

संस्कृति मत्री विजयलक्ष्मी साधौ इसका उद्घाटन करेंगी आधिकारिक जानकारी के अनुसार लोकरंग में प्रदेश के विभिन्न अंचलों के लोक नर्तक लोक गायक और लोक नाट्य कलाकार कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे

इसके पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत आज साढ़े बारह बजे डीवी मॉल परिसर में होगी

इस मौके पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है मंच की बैठक में शामिल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि नई दिल्ली में कल आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोहों में भी भाग लेंगे किकेट भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टवेंटी टवेंटी क्रिकेट मैचों की श्रंखला का पहला मैच आज ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा

न्यूजीलैंड के डेढ़ महीने के दौरे में भारतीय टीम पांच द्वेंटी ट्वेंटी तीन एकदिवसीय और दो टेस्ट मैच खेलेगी पहले दो ट्वेंटी ट्वेंटी मैच ऑकलैंड में तीसरा हैमिल्टन में चौथा वेलिंग्टन में और पांचवां मैच माउंट मॉन्गैनोई में होगा तीन एक दिवसीय मैचों की श्रंखला पांच फरवरी से शुरू होगी पहला मैच हेमिल्टन में दूसरा ऑकलैंड में और तीसरा मॉन्गैनोई में खेला जायेगा

इस दौरान कई जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे

शिविर में अधिकारी मौके पर ही समस्याओं का निराकरण करेंगे